दंतेवाड़ा जिले में आज हुए सड़क हादसे में छह लोगों की मौत दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों और मुख्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए हैं उन्होंने अधिकारियों को सरकारी अस्पतालों में आपात सेवाओं की समुचित व्यवस्था के संबंध में दस दिनों के भीतर प्रमाण पत्र भेजने को कहा है मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि यदि अस्पताल में उपकरण खराब या आपात व्यवस्था ठीक नहीं हैं तो वहां आने वाले गंभीर किस्म के मरीजों को समुचित व्यवस्था वाले दूसरे बड़े अस्पतालों में तत्काल रिफर किया जाए उन्होंने इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री और मुख्य सचिव को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच हुई इसके बाद उम्मीदवार परसों नौ जनवरी को दोपहर तीन बजे तक अपने नाम वापस ले सकेंगे इसी दिन प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी और उन्हें चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा गौरतलब है कि पंचायत चुनाव के लिए अट्ठाईस और इकतीस जनवरी के अलावा तीन फरवरी को वोट डाले जाएंगे

बेमेतरा के देवकर नगर पंचायत में भाजपा की जान्त्री बाई साह अध्यक्ष और भाजपा के ही अजय अग्रवाल उपाध्यक्ष बने वहीं जांजगीर के नवागढ नगर पंचायत से कांग्रेस के भवनेश्वर केशरवानी बलौदा नगर पंचायत में कांग्रेस की ललिता पाटले और अड़भार नगर पंचायत में कांग्रेस की चेंद्रप्रभा गर्ग के अलावा शिवरीनारायण नगर पंचायत में भी कांग्रेस की ही अंजनी मनोज तिवारी अध्यक्ष बनी

माओवादी आगजनी राजनांदगांव जिले में माओवादियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे दो वाहनों में आग लगा दी जिले के अतिरिक्त पूलिस अधीक्षक गोरखनाथ बघेल ने बताया कि मानपूर मुख्यालय के औंधी थाना क्षेत्र के सरखेड़ा और गौतमपुर पेदोड़ी के बीच माओवादियों ने कल इस घटना को अंजाम दिया उन्होंने बताया कि माओवादियों के एक दल ने सड़क निर्माण कार्य में लगे मजद्रों के साथ मारपीट भी की सूचना मिलने के बाद पूलिस पार्टी मौके पर पहुंची और मामले की जांच चल रही है डीजीपी शिकायत प्रदेश में पुलिस विभाग को और बेहतर बनाने तथा लोगों के प्रति संवेदनशील बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है अब राज्य में आम लोगों को यह सुविधा दी जा रही है कि वे पुलिस से किसी प्रकार की शिकायत होने पर सीधे पुलिस महानिदेशक के समक्ष आवेदन दे सकते हैं इसके तहत पुलिस थानों में शिकायतों रिपोर्ट पर त्वरित कार्येवाही न करने पुलिस कर्मचारियों द्वारा दर्वयवहार करने या रिपोर्टे लिखने में बे वजह देरी करने तथा प्रलिस कार्यवाही से असंतुष्ट होने पर राज्य का कोई भी व्यक्ति पुलिस महानिदेशक से शिकायत कर सकता है प्रलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने इसके लिए गठित प्रलिस सेल का प्रभारी अधिकारी राजेश अग्रवाल को नियुक्त किया है

अतिरिक्त प्रलिस अधीक्षक महेश्वर नाग के नेतृत्व में एसीबी की टीम ने आज अधिकारी के मकान में दबिश देने के बाद बैंक के कार्यालय को भी सील कर दिया बताया जा रहा है कि यह पूरी कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में की जा रही है अंतिम समाचार लिखे जाने तक दस्तावेजों की जांच जारी थी एस के निवसरकर बैंक में बीते दो वर्षो से पदस्थ हैं

इस गिरोह पर लोगों से लाखों रूपए की ठगी करने का आरोप है गिरोह के सदस्य नौकरी लगाने के नाम पर बेरोजगारों से शुल्क लेने के जरिए बैंक एकाउण्ट को हैक कर ठगी करते थे इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है इनके पास से वाई फाई डिवाईस दस मोबाईल फोन पांच सिम कार्ड तीन एटीएम कार्ड के अलावा दो कार भी बरामद किए गए हैं युवा महोत्सव राष्ट्रीय एकता सामुदायिक सहभागिता और भाईचारा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजधानी रायपुर में बारह जनवरी से राज्य यूवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा साइंस कॉलेज मैदान पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर सहित अन्य स्थानों पर तीन दिनों तक चलने वाले युवा महोत्सव में आठ सौ इक्कीस प्रकार की प्रतियोगिताएं होंगी जिसमें छह हजार आठ सौ से ज्यादा प्रतिभागी शामिल होंगे जिला और ब्लॉक स्तर पर हुए युवा उत्सव के आयोजन के बाद विजेताओं को राज्य युवा महोत्सव में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा राज्य युवा महोत्सव के विजेताओं को नगद पुरस्कार दिए जाएंगे मुख्य सचिव आरपी मण्डल ने आज मंत्रालय में राज्य युवा महोत्सव के आयोजन के लिए गठित अंतर्विभागीय समन्वय समिति की बैठक ली उन्होंने में अधिकारियों को युवाओं को राज्य की सांस्कृतिक अस्मिता वैभव और विरासत की जानकारी देने के लिए आयोजन स्थल पर प्रदर्शनी लगाने के निर्देश दिए जिसमें विशेष रूप से छत्तीसगढ में पर्यटन रोजगार मार्गदर्शन छत्तीसगढ में गांधी जी की यात्रा कौशल विकास से संबंधित जानकारियां दी जाएंगी

इस महोत्सव का समापन चौदह जनवरी को होगा बिलासपुर जम्बोरेट बिलासपुर में इन दिनों भारत स्काउट्स एण्ड गाईड्स के उन्नीसवें नैशनल जम्बोरेट का आयोजन किया जा रहा है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक गौतम बनर्जी ने कल इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया छह दिनों तक चलने वाले इस मेगा आयोजन में सोलह रेलवे जोन से आए भारत स्काउट्स एण्ड गाईड्स के सदस्यों और अधिकारियों सहित तीन हजार से अधिक प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं इस शिविर में प्रतिभागियों के लिए स्काउटिंग कौशल गतिविधियों और सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम के साथ साथ आपदा प्रबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा मौसम आने वाले दो तीन दिनों के बाद राज्य में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार है फिलहाल प्रदेश के किसी भी स्थान में शीतलहर की स्थिति नहीं बनी है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र से मिली जानकारी के मुताबिक आगामी अड़तालीस घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की ब्रंदाबांदी हो सकती है वहीं राज्य के उत्तरी और मध्य क्षेत्र में एक दो स्थानों पर पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं प्रदेश के ऊपर से पश्चिमी विक्षोम गुजर रहा है इसके प्रभाव से मौसम में बदलाव आया है आगामी चौबीस घंटों के दौरान रायपुर का न्यूनतम तापमान बारह डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर स्थित निवास में कल आठ जनवरी को आयोजित होने वाला जनचौपाल भेंट मुलाकात का कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से स्थगित रहेगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर स्थित डीकेएस अस्पताल के संचालन व्यवस्था के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति से तत्काल प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं शिक्षित स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कल आठ जनवरी को रायपुर के बैरन बाजार स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्लेसमेंट कैम्प आयोजित किया जाएगा

वहीं एक शिक्षक के खिलाफ वेतन वृद्धि रोकने की भी अनुशंसा की गई है